प्रधानमंत्री ने कहा है कि जल सुरक्षा और जल प्रबंधन आने वाली पीढियों के लिए महत्वपूर्ण है

हरियाणा के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्नातकोतर कक्षा में पढ़ने वाली कम आय वाले परिवारों की छात्राओं से ट्यूशन फीस नहीं ली जायेगी

कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है टीकाकरण के लिए आगे आएं अफवाहों पर विश्वास न करे यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा और जल प्रबंधन आने वाली पीढियों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है आज विश्व जल दिवस के अवसर पर वर्च्अल माध्यम से कैच दी रेन जल शक्ति अभियान का श्भारंभ करते हये श्री मोदी ने जल जीवन मिशन के कारण जागरूकता बढ़ रही है उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि गांव में रहने वाले लोग वर्षा के जल को बचाने का प्रयास कर रहे है और दूसरों को भी पानी का विवेकपूर्ण ढ़ग से इस्तेमाल करने के लिए शिक्षित कर रहे है प्रधानमंत्री ने कहा कि जल धन से भी ज्यादा मूल्यावान है लेकिन जल संसाधनों के संरक्षण में कमी है उन्होंने कहा कि चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो पर ड्रोप मोर क्रोप अभियान है या नमामि गंगे मिशन सरकार जल नियंत्रण व जल संरक्षण की दिशा में काम कर रही है श्री मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यदि भारत वर्ष जल का बेहतर प्रबंधन करता है तो यह भू जल पर देश की निर्भरता को कम करेगा

उन्होंने कहा कि अगर बारिश के दौरान ज्यादा पानी बचाया जाये तो सूखें के दौरान होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है विश्व जल दिवस के अवसर पर उप राष्ट्रपति एम वेकैंया नायडू ने सभी से जल का विवेकपूर्ण इस्तेमाल और इसके संरक्षण के लिए सम्मिलित प्रयास करने का आह्वान किया है एक टवीट में श्री नायडू ने कहा कि जल पुर्नउपयोग पुनर्चक और कम प्रयोग आदर्श वाक्य होना चाहिए ताकि आने वाली पीढियों इस अनमोल और सीमित प्राकृतिक संसाधन से वंचित न रहे केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी देशवासियों का जल स्त्रोतों के संरक्षण और स्रक्षा में अपना योगदान देने की अपील की है श्री जावड़ेकर ने सभी को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये कैच दी रेन के लिए तैयारियां करने का आग्रह भी किया

यह फैसला केवल कोविशील्ड दवा पर ही लागू होगा जबकि कोवैक्सीन नागक वैक्सीन पहले की तरह ही दी जायेगी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दोनों विशेषज्ञ समूहों की सिफारिशों को स्वीकार करते हये केन्द्र द्वारा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को लिखा गया है

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने उक्त दिशा निर्देशों बारे प्रदेश के सभी सरकारी महाविद्यालयों व सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित कर दिया गया है

हरियाणा के प्रातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोज़गार राज्य मंत्री अनूप धानक ने यह जानकारी देते हये बताया कि उकलाना हलके में लोक निर्माण विभाग पुल एवं सड़के द्वारा बनायी जाने वाली नई सड़कों के लिए सरकार ने प्रशासनिक मंजूरी भी दे दी है

शिक्षा विभाग ने स्कूल को बंद करने के निर्देश दिये है हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष व पंचकूला के विधायक ज्ञान चंद गुप्ता ने जिलावासियों व देशवासियों से कोविड जैसी भयंकर बीमारी के बढते प्रकोप को ध्यान में रखते हये विशेष सावधानियां बरतने की अपील की है श्री ग्रुप्ता आज पंचकूला में नगर निगम कार्यालय में दो दिवसीय कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ करने के उपरान्त पत्रकारों से बाचतीच कर रहे थे

हरियाणा के कृषि मंत्री जे पी दलाल ने भिवनी में कहा कि आने वाले समय में द्रनिया में सबसे बड़ा संकट पानी का होगा और इससे बचने के लिए अभी से पानी की बर्बादी रोकनी होगी तथा तुपका सिंचाई पर ज़ोर देना होगा